राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विवाह समारोह में अधिकतम दो सौ और अंतिम संस्कार में पचास लोगों के शामिल होने का निर्देश दिया राज्य में पिछले चौबीस घंटे में एक हजार दो सौ चौंसठ नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर छह हजार आठ सौ चौवालीस हुई आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव चालू वित्त् वर्ष में विकास दर साढे दस प्रतिशत रहने का अनुमान कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों से आग्रह किया है कि वे दवाई भी कड़ाई भी के संदेश के प्रति जागरूकता फैलाएं और कोविड नियमों का पालन करने तथा पात्र लोगों को टीका लगवाने का संदेश दें मंत्रालय ने देश में कोविड के बढते मामलों को देखते हुए सभी निजी टेलीविजन चैनलों को एक परामर्श जारी किया है मंत्रालय ने फिर कहा है कि जनहित में इन संदेशों को प्रचारित करने में टीवी चैनलों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं

इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी रांची से किया जाएगा इस कारण आज शाम सात बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार शाम छह बजकर पैंतीस मिनट पर होगा जबकि जिले में आजकल का प्रसारण शाम छह बजकर पचास मिनट पर होगा

दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सिर्फ इन कक्षाओं की पढ़ाई अभिभावकों की सहमति से ऑफलाइन हो सकेगी परीक्षाओं पर किसी तरह की रोक लागू नहीं होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया इसके साथ ही सभी दुकानें और बाजार रात आठ बजे तक ही खुला रखने का आदेश दिया गया है सभी दुकानें रविवार को पूरी तरह से बन्द रहेंगी धार्मिक और प्रार्थना स्थलों पर क्षमता के पचास प्रतिशत तक ही लोग मौजूद रह सकेंगे रेस्तरां में बैठने की क्षमता के पचास प्रतिशत लोग ही मौजूद रह सकते हैं सभी स्थानों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है किसी तरह के जुलूस धरना प्रदर्शन मेला और प्रदर्शनी पर पूरी तरह से पावंदी रहेगी बैंकेट हॉल का उपयोग सिर्फ शादी के लिए ही किया जा सकेगा विवाह समारोह में दो सौ से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे श्राद्व कार्यक्रम में अधिकतम पचास लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी किसी भी आयोजन स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर हैंडवाश और सैनेटाइजर की व्यवस्था जरूरी होगी सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से पांच लोगों के इकटठा होने पर पावंदी लागू रहेगी इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि वो पांच हजार बेड तैयार करें यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि प्रतिदिन कम से कम पैंतीस हजार कोरोना टेस्ट कराये गए बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की

इनमें से पांच सौ उन्चालीस मरीज रांची के हैं राज्य में सक्रिया मामलों की संख्या बढ़कर छह हजार आठ सौ चौवालीस हो गई है कल दो सौ अंठानबे मरीज संक्रमण मुक्त हुए जबकि चार मरीजों की मौत हुई है मृतकों में गिरिडीह और गुमला के एक एक तथा रांची के दो मरीज शामिल हैं

जबकि एक लाख इक्सीस हजार छह सौ आठ मरीज ठीक हुए हैं

कोरोना की रिकवरी रेट चौरानबे दशमलव पांच दो प्रतिशत है राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से वैक्सीन के दस लाख डोज मांगे थे केंद्र सरकार ने इससे दोगुने डोज देने को मंजूरी दी है राज्य टीकाकरण पदाधिकारी डॉ अजित प्रसाद ने बताया कि कोविशील्ड के बीस लाख डोज झारखंड को आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है पहली खेप के रूप में दस लाख डोज नौ अप्रैल तक पहुंच जाएंगी वहीं शेष दस लाख डोज पंद्रह अप्रैल तक मिल जाएंगे वहीं कोवैक्सीन टीके का आवंटन नहीं होने के कारण इसका पहला डोज देना बन्द कर दिया गया है जिन लोगों को दूसरा बूस्टर डोज दिया जाना है उनके लिए चार हजार चार सौ सत्तर डोज सुरक्षित रखे गए हैं इस बीच देश में कोविड संक्रमण बढने से रोगियों की संख्या बढ गई है

कल पचास हजार से अधिक लोग स्वस्थ हए

मरीजों की संख्या प्रतिदिन दोगुनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है तीन गर्भवती महिलाएं भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं इनको एसएसएलएनटी के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है

अस्पताल के अधीक्षक डॉ जितेश रंजन ने सिविल सर्जन से अतिरिक्त चिकित्सक की मांग की है ताकि सुचारू रूप से संक्रमित मरीजों का इलाज हो सके

इस संबध में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को गुमला जिले में कोविड जाँच केंद्रों की संख्या बढ़ाने तथा कोविड केयर सेंटर में सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका एवं सहायिकाओं की सहायता से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया इस कार्य के पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षकों के टीम बनाने को कहा उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को अधिक से अधिक संख्या में लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

रामगढ़ समाहरणालय सभागार में उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई

भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है आज मुम्बई में बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक गवर्नर शक्ति कांत दास ने कहा कि रेपो दर चार प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर तीन दशमलव तीन पांच प्रतिशत पर बरकरार रहेगी उन्होंने कहा कि नकद आरक्षी अनुपात भी साढ़े तीन प्रतिशत पर बना रहेगा श्री दास ने उम्मीद जताई कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढती हुई मांग और वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार को देखते हुए चालू वित्त् वर्ष के दौरान देश की विकास दर साढे दस प्रतिशत रहेगी गोड्डा जिले के परिसदन में झारखण्ड विधानसभा की सामान्य परियोजना कमेटी के सदस्यों ने जिले के आला अधिकारियों से बैठकें की इस कमेटी में विधायक अनंत ओझा दीपिका पांडे मथुरा महतो एवं सरयू राय शामिल हैं

बैठक में बुनकरों की समस्याएं शिक्षा विभाग एवं खनन विभाग आदि की समस्याओं पर विचार किया गया कमेटी के सदस्यों ने कझिया नदी का दौरा किया इस नदी से बालू के अत्यधिक उठाव के बाद नदी की स्थिति दयनीय हो गई है सदस्यों ने कहा कि नदी को जीवित करने एवं पानी संचयन को लेकर सरकार के पास योजना रखी जाएगी विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर पदम भूषण से सम्मानित पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा ने बेबाकी से अपने स्वास्थ्य की राज बतायी उन्होंने कहा कि यदि हम संयमित जीवन अपनाकर अपने जीभ के लोभ या स्वाद पर नियंत्रण रखें तो हम अपने सेहत को बेहतर बनाए रख सकते हैं पहले के समय में लोग चावल दाल साग सब्जी सहित साधारण खाना खाते थे लोग मसालों का प्रयोग कम करते थे वहीं अब मिर्च मसालों से भरपूर आधुनिक लजीज व्यंजन का सेवन करते हैं ये व्यंजन जीभ के लिए बेहद स्वादिष्ट होता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेहत के लिए यह हानिकारक होते हैं यही वजह है कि पहले के समय में लोग कम बीमार होते थे वर्तमान समय में अत्यधिक तेल मसालों के सेवन से लोग तरह तरह की बीमारियां पाल लेते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस अपने सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए सोचने का एक मौका प्रदान करता है श्री मुंडा ने कहा कि जितना ज्यादा हम अपने जिह्वा पर नियंत्रण रखेंगे उतना ही ज्यादा हम अपने सेहत को बनाए रखेंगे

इस ज्ञापन में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप शिक्षक कर्मचारियों की कमी लैब लाइब्रेरी परीक्षा परिणाम सहित अन्य मुद्दे शामिल किए गए हैं

उन्हें इलाज के लिए ग्रामीणों के सहयोग से स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरसावा भर्ती कराया गया है

जानकारी के अनुसार यह दम्पति बाईक से जा रहा था इसी क्रम में रंगामाटी तलाब के समीप घुमावदार सड़क पर बाइक समेत दोनों गिर पड़े गिरिडीह जिले के बजटो जंगल में महआ चुनने गई एक महिला को हाथियों ने कुचल कर मार डाला घटना की सूचना पाकर गिरीडीह पूर्वी वन प्रमंडल के वनरक्षी अपने दल के साथ घटना स्थल पहुंच कर मामले की जानकारी ली